म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई की मदद के लिए कई तरह के उपाय किये हैं

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए महिलाओं को बैंक से लोन लेने में कोई परेशानी न हो इसके लिए भूमि खाताधारक के साथ उनकी पत्नी का नाम भी शामिल किया जाय उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेशवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने टिहरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की रिपोर्ट में विकासखण्ड वार सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण और रूझान पलायन की स्थिति वर्तमान ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बारे में विश्लेषण और सिफारिशं की गई हैं बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी साल में चमोली रूद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में पलायन को कम करने पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी

सर्वे अभियान बैठक हरिदवार में आज घर घर सर्वे के लिए गठित टीम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरोज नैथानी ने प्रशिक्षण दिया

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति को इस सर्वे में कवर करना प्रशासन का लक्ष्य है उन्होंने बताया कि सर्वे करने के लिए तैयार की गई टीमों की स्रक्षा के लिए जरूरी उपाय किये गए हैं साथ ही उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जायेगा सर्वे करने वाली टीम को हाई रिस्क में आने वाले सभी सम्भावितों को तलाश कर सूचना देनी होगी विशेष रूप से ब्जूर्ग बच्चों बीमार और कमजोर लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है हरिद्वार के जिलाधिकारी ने सेफ हरिद्वार नाम से बनाये गये पोर्टल का उदघाटन भी किया यह पोर्टल जिले की विभिन्न सीमाओं में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किये जाने और उनकी निगरानी रखने के लिए बनाया गया है पोर्टल के सभी फीचर वर्तमान में नगर निगम हरिदवार के आयुक्त नरेंद्र भण्डारी दवारा तैयार किये गये हैं जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि बॉर्डर पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और मोबाइल नम्बर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा पोर्टल पर दर्ज होते ही उस व्यक्ति के बताये गये क्षेत्र की आशा कार्यकत्री प्रधान और पार्षद के पास तत्काल ही एक मैसेज जायेगा ताकि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा सके बैठक कैम्पा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण उत्तराखण्ड कैम्पा की पहली बैठक हई बैठक में मुख्यमंत्री ने जंगलों में जल प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही उन्होंने कहा कि जंगलों में बड़ी संख्या में तालाबों के निर्माण से जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध होगा और साथ ही जल स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि वन पंचायतों को व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की दिशा में भी पहल की जानी चाहिए उन्होंने वन विभाग से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिये मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पूनर्निर्माण किया गया प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी आपदा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की उन्होंने कहा कि केदारनाथ आपदा का दर्द कभी भूलाया नहीं जा सकता है

आय्ष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है आय्ष मंत्री ने लोगों से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है

जिलाधिकारी आशीष क्मार श्रीवास्तव ने विभिन्न विभागों की बैठक में यह निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इस साल भी मिशन रिस्पना को बरकरार रखते हुए शहरी क्षेत्रों में खाली सरकारी भूमि पर अर्बन प्लान्टेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि पर रूरल प्लान्टेशन के नाम से व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा